आज किया जायेगा अंतिम संस्कार

भारत और श्रीलंका के बीच आपसी संबंधों पर आज व्यापक विचार विमर्श किया गया नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई इसमें द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्रों पर विचार विमर्श किया गया इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोमाल ने श्री विक्रम सिंघे से मुलाकात की श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ आपसी संबंध मजबूत करने और श्रीलंका में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ हुई उनकी बातचीत में इस क्षेत्र में सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने पर दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई भारत और श्रीलंका के शीर्ष नेताओं के बीच बढ़ते संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच अनेक क्षेत्रों में भागीदारी व्यापार पूंजी निवेश और विकास कार्यों में सहयोग के नये आयाम खुले हैं पंजाब के अमृतसर में हुई भीषण रेल दुर्घटना के पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने द्र्घटना की जांच जालधर के डिवीजनल मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिये है इस हादसे में उनसठ लोंगों की मृत्यु की पुष्टि की गयी है और सत्तावन लोगों के घायल होने की खबर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक नेताओं ने रेल दुर्घटना में लोंगो की मृत्यू पर गहरा दुख व्यक्त किया है श्री योगी ने दुर्घटना में मारे गये लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतृप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट संबंधी को पांच पाच लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है वहीं रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने अमृतसर में हुई रेल दुर्घटना के लिए दशहरा आयोजकों को दोषी ठहराया है श्री सिन्हा ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होता है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया श्री सिन्हा ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस आयोजन के बारे में रेलवे को सूचना नहीं दी गयी थी प्ररा रेलवे प्रशासन घायलों की मदद में बेहतर से बेहतर क्या इंतजाम कर सकते हैं हम उसमें लगे हुए हैं भारत सरकार की और भी जो हमारी टीमें है वह इस काम में लगी हुई है और मैं समझता हूँ कि कोई राजनीति करने का विषय नही है जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना हैं केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि स्मार्ट शहर परियोजना पर अमल करते समय परियोजनाओं को जरूरत के अनुसार लचीला बनाया जा सकता है श्री पुरी अरूणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में अपने मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संवोधित कर रहे थे अरूणाचल प्रदेश में पासी घाट और ईटानगर स्मार्ट सिटी के एक सौ शहरों की सूची में शामिल हैं श्री पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए अत्याधुनिक टैक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा आवास और शहरी कार्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र के मुख्य कार्यक्रमों के अमल पर संतोष व्यक्त किया प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन का असर मेरठ ज़िले में शहरों से लेकर गांवों और गंगा नदी में दिखने लगा है गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या बढ़ने लगी है जो नदी की स्वच्छता का सूचक है विश्व प्रकृति निधि भारत और वन विभाग ने दिजनौर से मेरठ और नरौरा घाट तक गंगा नदी में अभियान चलाकर डॉल्फिन की गणना की जिसमें तैतीस डॉल्फिन पाई गई इसमें तीन नवजात बच्चे भी शमिल हैं डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है मेरठ मण्डल के मुख्य वन्य संरक्षक ललित वर्मा ने बताया कि दो सौ पचास किलोमीटर गंगा नदी में की गयी डॉल्फिन की गणना के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं डॉल्फिन का गंगा में पाया जाना स्वच्छता का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कल लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में एक बैठक आयोजित की गई

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि वे केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यो की जानकारी जनता तक पहंचाने का कार्य भी करें बैठक में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने भी चुनाव की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न अभियानों के लिए दिशा निर्देश दिये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का पार्थिव शरीर कल विशेष विमान से लखनऊ लाया गया क्विन भवन में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक बिहार के राज्यपाल लालजी टण्डन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पार्थिव शरीर पर श्रद्वासुमन अर्पित कर श्रद्दांजलि दी राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी एक लोकप्रिय नेता थे सभी दल के नेता उनका सम्मान करते थे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास में उनके द्वारा किये गये योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है सपा के संयोजक मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्वर्गीय नारायण दत्त के पार्थिव शरीर पर श्रद्वास्मन अर्पित किये उनके निधन पर कल और आज दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है प्रदेश भर में कल उनको श्रद्वांजलि देने के लिए शोक सभाएं आयोजित की गयीं सिद्वार्थनगर जिले में आयोजित शोक सभा में सांसद ड्मरियागंज जगदम्बिकापाल ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी जी के निधन से राजनीतिक क्षेत्र को अप्रणीय क्षति हई है जिसकी भरपाई नहीं की सकती है उन्होंने कहा कि उनकी विचाखारा सबको साथ लेकर चलने की थी श्री तिवारी का अंतिम संस्कार आज हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि पूरे प्रदेश को चौबीस घंटे बिजली देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि बिजली मिलने से किसानों को काफी राहत मिल रही है और फसल की पैदावार भी बढ रही है ऊर्जामंत्री ने कल मथुरा के गोवर्धन में छह करोड़ तिहत्तर लाख रूपये की लागत से बनने वाले दो बिजलीघरों की नींव रखी बिजलीघर के लिए सकरवा और राधाकूंड में जमीन का भूमि पूजन किया गया इन बिजलीघरों से दो दर्जन गांवों की आबादी को बिजली का लाभ मिलेगा गरीबों को उच्च गुणवत्ता की जेनरिक दवाएं बाजार से कम कीमत पर देने के उद्देश्य से शुरू की गई केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लोगों को काफी फायदा हो रहा है इस योजना से प्रदेश में लाखों गरीब मरीजों को सस्ती दवाएं मिल रही है प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम के तहत उत्तर प्रेदश में खोले गये सात सौ से ज्यादा जन औषधि केन्द्रों पर गरीबों को सस्ते दामों पर दवाईयां दी जा रही हैं प्रदेश के मऊ ज़िले में खुले जन औषधि केन्द्र दवा लेने आये माधव दास पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि उन्हें यहां बाजार से काफी कम दामों पर जरूरी दवायें मिल जाती हैं जिससे उनका खर्च बचता है जन औषधि केन्द्र प्रधानमंत्री के द्वारा जो खोला गया है सुचारू चलता है

टाइम से खलता है टाइम से बंद होता है इन लोगों का व्यवहार अच्छा है पेसेंट से अच्छा व्यवहार करते हैं मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जन औषधि केन्द्रों से न केवल गरीबों को सस्ती दवाईयां मिल रही हैं बल्कि इन केन्द्रों को चलाने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है मक के एक जन औषधि केन्द्र को चलाने वाले सोनू सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस स्टोर को खोलने के बाद उन्हें भी काफी फायदा हआ है

इस केन्द्र के खुलने से हमको भी रोजगार प्राप्त हुआ है इसक लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं